हरसाल सितंबर में मनाया जायेगा राष्ट्रीय पोषण माह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पन्ना में ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना का शिलान्यास किया

पहले दिन स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर युद्ध के नायकों को श्रद्दांजलि दी गई कल इस युद्ध में शामिल सैनिकों ने एक कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा किये प्रष्पांजलि अर्पित करने का मुख्य समारोह आज होगा वहीं प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं आज भोपाल के शहीद भवन में श्रद्धांजलि समारोह और देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति का कार्यकम रखागया है वहीं इन्दौर में जवानों की स्मृति में वृक्षारोपण किया जायेगा प्रदेशभर में कई श्रद्दांजलि सभा आयोजित की गई है राष्ट्रीय पोषण केन्द्र सरकार ने बाल स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष सितंबर में राष्ट्रीय पोषण माह मनाने का फैसला किया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में दिल्ली में भारत की पोषण चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद की दूसरी बैठक में यह फैसला किया गया

शहरी आगनबाड़ी सेवाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों और मलिन बस्तियों में आगनबाड़ी केन्द्र बनाने के लिए दिशा निर्देशों को सिद्धांत रूप में मंजूरी दी गई

लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी एप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं

दिग्विजय सिंह कांग्रेस महासचिव और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज भोपाल के टीटी नगर थाने में अपनी गिरफ्तारी देंगे श्री सिंह हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें कथित तौर पर देशद्रोही कहे जाने पर गिरफ्तारी दे रहे हैं कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख मानक अग्रवाल ने कल भोपाल में संवाददाताओं को बताया कि श्री सिंह के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे उन्होंने कहा कि श्री सिंह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि मुख्यमंत्री अपनी टिप्पणी के लिए या तो उनसे सार्वजनिक तौर पर माफी मांगें या उन्हें गिरफ्तार करवा लें

नगरीय विकास और आवास मंत्री माया सिंह ने सभी प्रोजेक्ट निर्धारित गृणवत्ता के साथ समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं श्रीमती सिंह ने कहा कि देश के चुनिंदा शहरों में क्षेत्र आधारित विकास और पेन सिटी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है इसी कड़ी में प्रदेश के सात शहर इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन सागर और सतना का चयन तीन चरण में स्मार्ट सिटी के रूप में किया गया है

आधार पंजीयन शत प्रतिशत आधार का पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए आँगनबाड़ी केन्द्रों और स्कूलों में भी आधार पंजीयन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने यह बात कल भोपाल में विभागीय योजनाओं की समीक्षा में कही श्री गुप्ता ने कहा जिन ग्राम पंचायतों तक आप्टिकल फायबर लाइन डाली जा चुकी है उन्हें टेलीफोन से कर्नेक्ट करें उन्होंने कहा कि स्टेट डाटा सेंटर के संचालन के लिये प्रशिक्षित विभागीय स्टाफ होना चाहिए वर्च्यअल आईटी कॉडर की ट्रेनिंग करवाई जाए और दूसरें विभागों में कार्य कर रहे तकनीकी विशेषज्ञों के साथ संपर्क में रहें

इस अवसर पर श्री चौहान ने अमहा लघु सिंचाई नहर विस्तारीकरण योजना का भी शिलान्यास किया वीवीपैट मशीन राज्य विधानसभा चुनाव में वीवीपैट मशीन का प्रयोग पहली बार किया जायेगा मतदाता को इसके माध्यम से यह पता लगेगा की उसने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है वह वोट वास्तव में उसी प्रत्याशी को मिला है या नहीं यह बात कल राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कांता राव ने भोपाल में स्वीप पार्टनर की बैठक लेते हुए कहीं श्री कांता राव ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में विभिन्न सरकारी विभागों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इस बार होने वाले चुनाव में वीवीपैट मशीन के प्रयोग को जन सामान्य में व्यापक रूप से प्रसारित करने की आवश्यकता है उन्होंने स्वीप पार्टनर विभागों से वीवीपैट मशीन और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिये व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान चलाने और नवाचार भी करने के निर्देश दिये हैं

छतरपुर दमोह पन्ना कटनी उमरिया शहडोल टीकमगढ़ शिवपुरी दतिया अशोकनगर और सतना जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा की आशंका है शेष प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं

वहीं खंडवा जिले में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बड़ रहा है ओंकारेश्वर बांध का जलस्तर एक सौ बानवे दशमलव तीन तीन मीटर और इंदिरा सागर बांध का दो सौ इक्यावन दशमलव एक चार मीटर पहंच गया है

यात्रा आठ अगस्त को भिण्ड रेलवे स्टेशन से रवाना होगी पर्यटन और संस्कृति राज्यमंत्री सुरेन्द्र पटवा ने रायसेन जिले के ग्राम अर्जनी और बगासपुर में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न कार्यो का लोकार्पण किया